उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया इस अवसर पर उन्होंने समय से पहले इस परियोजना के पुरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाती है हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक हर बेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन हर क्षेत्र तक आध्यनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बनें हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्रीय सुखा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो साथियों अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लीविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अंडमान निकोबार निवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढावा मिलेगा इस अवसर पर केन्द्रीय संचार और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन अंडमान निकोबार वासियों के लिए स्वर्णिम दिन है उन्होंने कहा कि इस परियोजना की द्वीपवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ ग्रस्त जिलों में ड्रोन और जमीनी निरीक्षण के जरिये बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है जिला अधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यो को उच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है राज्य के बीस जिलों के आठ सौ दो गांव बाढ़ की चपेट में हैं अधिकांश बाढ़ प्रभावित जिले प्रदेश के पूर्वांचल और तराई इलाकों में हैं जहां बाढ़ की विभीषिका के चलते सात सौ पन्द्रह बाढ़ चौकियां और दो सौ तिरासी बाढ़ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं इन इलाकों में राहत और बचाव कार्यो के लिए एनडीआरएफ की पन्द्रह टीमें और एसबीआरएफ तथा पीएसी के फ्लड कार्ट्रन की सात टीमें तैनात की गई हैं इन इलाकों की ज्यादातर प्रमुख नदियां सरयू घाघरा राप्ती और शारदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं कोई भी व्यक्ति जिसे बाढ़ या किसी अन्य वजह से आपदा का सामना करना पड़ रहा है वो हेल्यलाइन नंबर एक शुन्य सात शुन्य पर संपर्क कर सकता है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के किनारे बने तटबंध स्रक्षित है देश में कल कोरोना संक्रमण के बासठ हजार से अधिक मामलों के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या बाईस लाख को पार कर गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में एक हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई इसे मिलाकर अब तक चौवालिस हजार से अधिक लोग इस संक्रमण से अपनी जान गवा चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब पचपन हजार लोग इस संक्रमण से ठीक हुए देश में अब तक करीब पन्द्रह लाख छत्तीस हजार लोग ठीक हो चुके हैं ठीक होने वालों की दर उन्हत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है इस संक्रमण से मृत्यु दर दो प्रतिशत से कम हो गई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्र्खंला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने की सलाह दी पब्लिक हेत्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मामलों में दनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत की स्थिति वहत वेहतर है और इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनके परिणाम अच्छे आए हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उनसे पता चलता है कि यह वायरस के प्रमाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो हैं उसमें कोई संसय नहीं है कि हमारे हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर हैं केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व हाथी दिवस दो हजार बीस की पूर्व संध्या पर आज हाथियों के संरक्षण के वेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया उन्होंने मनृष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी श्मारम किया इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है जिसमें न सिर्फ पश्ञओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अश्म माना जाता है जावडेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्यता बढाने की पहल की है अगर जंगल में पानी और खाद्य मिला तो वो बाहर क्यों आएंगे और एक जो किसानों ने ये सुत्र समझाया उसके आयार पर हमने फोडर एण्ड वॉटर आग्यूमेंटेशन इन जनरत एरियाज ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में अब इस बार लाइडर टेक्नॉतोजी का भी उपयोग कर रहे हैं ताइडर सर्वे भी कर रहे हैं और इस साल जो दिसम्बर के बाद काम होगा सर्वे के बाद उसके सहारे अगले साल से जंगलों में पानी और जंगलों में घास और खाद्य बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होगा ये मुझे पूरा विश्वास है इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यह गर्व की बात है कि एशियाई हाथियों की कुल संख्या का साढ प्रतिशत भारत में हैं